अब समाचार विस्तार से गोलीबारी जवान मौत झारखंड में चुनाव ड्यूटी में बस्तर से गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों के बीच हुई आपसी फायरिंग में असिस्टेंट कमांडेंट सहित दो अधिकारियों की मौत हो गई है मृतकों में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट साहूल अहसन और एएसआई पूर्णानंद भुईया शामिल हैं इस फायरिंग में चार अन्य जवान घायल हो गए हैं घायलों के नाम उपेन्द्र यादव हरीश चंद्र गोखले दीपेन्द्र कुमार और खूखलरी है घायल जवानों का रांची और बोकारो के अस्पताल में इलाज चल रहा है मिली जानकारी के अनुसार बस्तर से गई सीआरपीएफ की दो सौ छब्बीसवीं बटालियन के जवानों को बोकारो जिले के गोमिया इलाके में स्थित कुर्कनालों के स्कूल में ठहराया गया था बताया जाता है कि बीती रात जवानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया इसके बाद सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गोली लगने से मौके पर ही असिस्टेंट कमांडेंट और एएसआई की मौत हो गई झारखंड पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है निकाय चुनाव नाम वापसी नगरीय निकाय चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद अब प्रदेश में दस हजार एक सौ इकसठ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं नाम वापसी के अंतिम दिन कल एक हजार चार सौ अंठावन प्रत्याशी चुनाव मैदान से हट गए अधिकारिक जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा नौ सौ छत्तीस उम्मीदवार जांजगीर चांपा जिले के हैं वहीं रायपुर जिले में आठ सौ छत्तीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं इसके अलावा बिलासपुर जिले में सात सौ पैंतीस प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जबकि सबसे कम उनचास प्रत्याशी नारायणपुर जिले में हैं राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशी निर्वाचन के सिलसिले में अपनी सहायता के लिए निर्वाचन अभिकर्ता मतदाता अभिकर्ता और गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रारुप में दो प्रतियों में अपना आवेदन रिटर्निंग अधिकारी के पास पेश करना होगा उम्मीदवार की ओर से चुने गए अभिकर्ता मतदान और मतगणना के दिन मतदान केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में पहुंचकर नजर रख सकते हैं हाईकोर्ट सुनवाई राज्य में महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अब अगली सुनवाई सोमवार को करेगा आज हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुना और सुनवाई की तिथि आगे बढ़ाने का फैसला लिया गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा पच्चीस अक्टूबर को जारी अधिसूचना के खिलाफ अशोक चावलानी और अन्य के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है मुख्यमंत्री धान सीएस निरीक्षण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि धान खरीदी के मामले में किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किसानों को अगर किसी तरह से बेवजह परेशान करने का मामला सामने आएगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों से धान खरीदी के संबंध में किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक बातों में न आने की अपील की साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों से पूर्व निर्धारित मात्रा में ही धान खरीदी की जाएगी उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर धान खरीदी का समय या फेरी की संख्या बढ़ाई जा सकती है इस बीच मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज दूसरे दिन भी राज्य के सीमावर्ती इलाके में स्थित गरियाबंद जिले के झाकरपारा धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया श्री मंडल ने स्टाक पंजी के बारे में जानकारी धान के रखरखाव को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए इसके अलावा उन्होंने ली और धान बेचने आए किसानों से भी व्यवस्था के बारे में बातचीत की इसी तरह बलरामपुर जिले में भी नोडल और सहायक नोडल अधिकारी धान खरीदी केन्द्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं इसी दौरान कामेश्वर नगर स्थित धान उपार्जन केन्द्र में टोकन सत्यापन कार्य में लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है तहसीलदार बंधक खंडन दूसरी ओर कबीरधाम जिला कलेक्टर ने पनेका धान उपार्जन केन्द्र में तहसीलदार को बंधक बनाने की खबर का खंडन किया है उन्होंने कहा है कि इस संबंध में सोशल मीडिया और कतिपय समाचार माध्यमों में प्रसारित की गई जानकारी पुरी तरह गलत और भ्रामक है कलेक्टर ने बताया कि जिले में धान की खरीदी सुचारू रूप से संचालित है उन्होंने बताया कि धान खरीदी केन्द्रों में अधिक देर तक किसानों को धान की तौलाई के लिए इंतजार नहीं करना पड़े इसलिए उन्हें टोकन दिया जा रहा है कलेक्टर ने बताया कि अन्य राज्यों से अवैध रूप से लाए जाने वाले धान पर कड़ी नजर रखी जा रही है

यह निर्णय खुले बाजार में प्याज की उपलब्यता बढ़ाने के लिए लिया गया है केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों से जमाखोरी रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है थोक व्यापारियों के लिए भंडारण सीमा में कोई नया बदलाव नहीं होगा वीरनारायण सिंह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अमर शहीद वीरनारायण सिंह को युगों युगों तक याद रखा जाएगा छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह के बलिदान दिवस पर आज बालोद जिले में गुरूर विकासखण्ड के राजाराव पठार में सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित तीन दिवसीय वीर मेला के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीरनारायण सिंह के ऐतिहासिक योगदान और उनकी वीरतापूर्वक शहादत को देश हमेशा याद रखेगा इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे राज्यपाल भेंट राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में अमेरिका के काउंसलेट जनरल डेविड रेंज ने सौजन्य मुलाकात की उनके बीच उच्च शिक्षा पर्यावरण और माओवादी समस्या सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हई राज्यपाल ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के विश्वविद्यालय और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मध्य एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ और यूएसए के विद्यार्थी एक दूसरे की संस्कृति और परम्पराओं से रूबरू होंगे खासकर आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को नए अवसर मिलेंगे लोहंडीग्ड़ा जमीन वापसी राज्य सरकार द्वारा टाटा स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित लोहंडीगुड़ा तहसील के नौ गांवों के पंद्रह सौ छियालीस किसानों की जमीन वापस कर दी गई है यह जानकारी लोहंडीगुड़ा के नायब तहसीलदार ने दी है उन्होंने बताया कि दाबपाल गांव के एक किसान की जमीन के संबंध में किसी तरह का दावा पेश नहीं किए जाने की वजह से उसे वापस नहीं किया जा सका है हत्या राजधानी रायपुर के टिकरापारा इलाके में आज दिनदहाड़े अज्ञात आरोपियों ने दो युवतियों की हत्या कर दी घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए बताया जाता है कि रायगढ़ की एक युवती गोदावरी नगर में किराये के मकान में रहती थी यह युवती नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी इस युवती की एक सहेली कल उससे मिलने उसके घर पहुंची थी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आज दो युवक उनके मकान में पहुंचे सूत्रों के अनुसार इन युवकों का युवतियों से विवाद हुआ और इसके बाद ये लोग युवतियों पर हमला कर फरार हो गए बाद में मकान मालिक ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवतियों को मेकाहारा पहुंचाया जहां दोनों की मौत हो गई पुलिस मामले की जांच कर रही है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नवमीं से बारहवीं तक की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की समय सारिणी में बदलाव किया है यह परिवर्तन स्थानीय निकाय चुनाव की वजह से किया गया है पूर्व में बीस दिसंबर से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं अब तेईस दिसंबर से प्रारंभ होंगी विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मंत्रालय और जनसंपर्क संचालनालय सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों ने मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन की शपथ ली मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में कल बुधवार को होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है बारनवापारा और देवपुर परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने चीतल का शिकार करने के मामले में एक वनकर्मी के संलिप्त होने पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है जैसी की खबर दी जा चुकी है इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है और कोंडागांव जिले में पुलिस ने एक वाहन से करीब बत्तीस किलो गांजा जब्त किया है इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जब्त गांजे की कीमत लगभग सात लाख रूपये बताई जा रही है